केन्द्रीय वाणिज्य पीयूष गोयल ने अगले पांच वर्षो में भारतीय निर्यात ऋण गांरटी निगम को साढ़ आठ हज़ार करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने हरियाणा में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करने के म्ख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है जल शक्ति अभियान में महेन्द्रगढ़ जिले को देश में नौवीं रैकिंग मिली जबकि हरियाणा मे से जिला पहले स्थान पर है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में बहत से समचार चैनल है लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए द्रदर्शन को देखते है

उन्होंने कहा कि दूरदर्शन् लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और इसने लगातार अपने दायरे का विस्तार किया है मंत्री ने कहा कि बीबीसी और सीएनएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की तरह जल्द ही द्रदर्शन भी पूरी द्रनिया में देखा जाने लगेगा उन्होंने कहा कि द्रदर्शन समचार द्रनिया भर में देखे जायेंगे क्योकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे भारत एक महाशक्ति बन कर उभर रहा है समारोह के दौरान स्थापना दिवस को चिन्हित करते हये श्री जावड़ेकर ने एक डाक टिकट और विशेष पत्रिका भी जारी की

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केन्द्र अगले पांच वर्षो में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से साढ़े आठ हजार करोड़ की वित्तीय सहायता देगा

मंत्री ने कहा कि बैंकों सें को कहा गया है कि सभी निर्यातकों तक इस नई योजना का विस्तार करें पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडा ने हरियाणा में म्ख्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू करने के फैसले का समर्थन किया है आज करनाल के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अवैध ढंग से रह रहे विदेशियों को बाहर निकालना सरकार का काम है और ये देश के कानून में भी है इसके उल्ट कांग्रेस अध्यक्ष क्मारी शैजला ने इस फैसले पर सवाल उठाते हये कहा कि राज्य सरकार के पा और कोई म्द्दा नहीं है उन्होंने कहा कि पांच साल च्प रहने के बाद च्नाव नज़दीक होने के कारण ऐसा कहा गया है बातचीत मे श्री हडडा ने दावा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा च्नाव में बह्मत से सरकार बनायेगी गुटबाज़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब मिलकर सब मिलकर पार्टी के लिए करेंगे अशोक तंवर द्वारा दिये गये इस बयान कि जितना साथ हड़डा ने उन्हें दिया उतना ही वे भी देंगे पर श्री हडडा ने कहा कि ये तंवर का अपना मामला है पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा व क्मारी शैलजा ने इससे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एकज्ट होकर पार्टी के लिए करने को कहा हरियाणा में बागवानी किसानों के जोखिम को कम करने के लिए शुरू की गई भावांतर भरपाई योजा के तहत सब्जियों की चार फसलों टमाटर प्याज आलू व फूलगोभी की शामिल किया गया है योजना का उद्देश्य मंडियों में इस सब्जियों का दाम कम मिलने पर उन्हें एक संरक्षित मूल्य देकर उनके जोखिम को कम करना है ताकि किसान कृषि में विवधीकरण अपना कर बागवानी फसलों से आय बढ़ा सकें

यदि किसान को बाज़ार मे इस संरक्षित मूल्य से कम दाम मिलते है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जायेगी प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए किसानों को ब्आड्र अन्सार वेबासाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा आधार कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो व बैंक खाते का ब्यौरा देना होगा

अम्बाला छावनी सब डिवीजन में खोला गया यह नवजात शिश् केन्द्र है उप मंडल स्तर पर प्रदेश का पहला नवजात शिश् केन्द्र है उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में मातु एवं शिश् विंग स्थातिप करने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं और विभाग द्वारा तीन एमसीएच पंचकूला पानीपत व मेवात में भी स्थापित करेगा जल शिक्त अभियान में महेन्द्रगढ़ जिले को देश में नौवी रैकिंग मिली है जबकि हरियाणा में ये जिला पहले स्थान पर है महेन्द्रगढ़ के उपाय्क्त जगदीश शर्मा ने इसका श्रेय जिले के सभी अधिकारियों की टीम को दिया है

उपायुक्त के अनुसार देश भर के करीब ढाई सौ जिले की रैकिंग में रिपोटिंग के हिसाब से लगातार बदलाव होते रहे है और आज दोपहर तक महेन्द्रगढ़ जिला नवे स्थान पर था

यमुनानगर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित विमल एल्युमीनियम फैक्ट्री में आज दोपहर बा भट्टी पर लगा एल पी जी गैंस सिलेंडर रिसने से आग लग गई

वही तीन व्यक्तियों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है दमकल की चार गाडियों ने आग पर काबू पाया

प्लिस ने हादसे की जांच श्रू कर दी है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारात्रंत प्रभाव से राज्य में होने वाले विधानसभा च्नाव के मद्देनज़र राजनैतिक विज्ञापनों के प्रभावीकरण के राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री द्वष्यंत कुमार बेहरा होंगे तथा सिंचाई व जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री राज नारायण कोशिक चंडीगए पीआईबी के निदेशक पवित्तर सिंह तथा एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री गणेष दत्त को सदस्य मनोनीत किया गया है जिनका म्ख्यालय राज्य मे है तथा राज्य में पंजीकृत सभी संस्थायें समूह या ऐसोसिएशन के टेवीविज़न चैनल केवल नेटवर्क आदि पर विज्ञापन के प्रभावीकरण के लिए आये हये आवेदनों पर यह कमेटी विचार करेगी

रोहतक रेलवे जक्शंन के स्टेशन मास्टर को आंतकी संगठन दवारा भैजे गये धममी भरे पत्र के बाद प्रदेश व देश के रेलवे स्टेशनों पर हाई अल्स्ट जारी किया गया है इसी के मद्देनज़र आज भिवानी जक्शन पर राजकीय रेलवे प्लिस व रेलवे स्रक्षा बल के जवानों ने भिवानी आने वाली रेलगाडियों की छानबीन की